कल हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह सचिव राजीव गोबा और अन्य अधिकारी मौजूद थे एक ट्वीट संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि श्री सिंह ने अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श कर सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा सके गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसे माओवादी संगठनों से संबंध रखने वाले कुछ व्यक्तियों की आपर्सी बातचीत की सूचना महाराष्ट्र पुलिस से मिली है जिसमें प्रधानमंत्री को निशाना बनाने का उल्लेख है

रेल और आईटी मंत्रालय में इसके लिए करार हो गया है

इनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणी के टिकिट मिलेगें

श्री तोमर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रहे थे

इस दौरान जेडीए आयुक्त वैभव गालरिया ने राजीव कुमार को द्रव्यवती नदी परियोजना के तहत हो रहे विकास कार्यो और स्मार्ट सोल्यूशन्स के बार्रे में भी जानकारी दी इससे पहले राजीव कुमार ने आयोग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे से मुलाकात की इस दौरान श्रीमती राजे ने राजस्थान में पेयजल की उपलब्धता और गर्मी के मौसम में अकाल की स्थिति तथा अन्य विषयों पर चर्चा की इस पर डॉ कुमार ने केन्द्र सरकार की ओर से राजस्थान को यथासंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया

इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कल आदेश जारी किए शिक्षा सत्र की शुरूआत में कक्षा एक से पांच तक प्रत्येक कक्षा में एक एक सेक्शन संचालित होंगे बाद में केक्षाओं में बढ़ोतरी होगी गौरतलब है कि केंद्रीय विधि न्याय एवं कॉर्पोरेट राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने इस संबंध में कई बार मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखे थे और लोकसभा में भी इस मांग को उठाया था

शाम पांच बजे तक मत डाले जा सकेगें

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने यह जानकारी दी

यह जानकारी निगम के प्रबंध निदेशक बीएम भामू ने झूंझनू में दी उन्होंने बताया कि सरकार इस साल दो लाख किसानों को कृषि कनेक्शन देगी जिसके लिए व्यापक योजना बनाई गई है

इससे पहले जनप्रतिनिधियों अधिकारियों और सेना के जवानों ने कृष्ण शेखावत को प्रष्पचक्र अर्पित किए सेना की पन्द्रहवीं राज राइफल के जवान शेखावत की नौ जून को ट्रेन की चेपेट में आने से मौत हो गई थी

इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया